प्रदेश में आज भी अब तक पचास से अधिक नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले कांकेर दुर्ग और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के बाईस जवान कोरोना संक्रमित पाए गए

वहीं दुर्ग कोरबा और बिलासपुर जिलों में आज आधी रात से लॉकडाउन लगाया जाएगा लॉकडाउन के दौरान दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं इसके साथ ही शासकीय और अशासकीय कार्यालय को बंद रखा गया है हालांकि दूध और सब्जी की दुकानों को सुबह चार घंटे खोलने की अनुमति दी गई है सुबह दस बजे के बाद कहीं भी निकलने और बेवजह घूमने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है रायपुर और बिरगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है आज राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और केवल अत्यावश्यक सेवाओं के संचालन को ही अनुमति दी गई लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस ने रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया बख्तरबंद गाड़ियों और कमांडों के साथ रायपुर पुलिस के इस फ्लैग मार्च में जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव के साथ कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए इस दौरान पुलिस ने लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से घरों पर रहने और बेवजह सड़क पर न निकलने की समझाइश दी पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया कि जरूरी होने पर निजी वाहन की बजाय पैदल ही पास की दुकान और प्रतिष्ठानों से खरीदी करें फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने के प्रति भी जागरूक किया साथ ही लोगों को यह बताया गया कि बेवजह सड़कों पर घूमते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद राजधानी रायपुर में जगह जगह बैरीकेट्स लगाकर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है

अट्ठाईस जुलाई तक चलने वाले इस लॉकडाउन के दौरान किराना और राशन दुकानें भी पूरी तरह से बंद रहेंगी इस दौरान मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी लॉकडाउन के दौरान बस ऑटो और टैक्सी सहित सभी सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद रहेगे वहीं दुर्ग जिले के नगरीय निकाय और ग्रामीण इलाकों के चिन्हांकित क्षेत्रों में आज आधी रात से उनतीस जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा इस दौरान मेडिकल दुकानों को भी केवल शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी जबकि सब्जी अण्डा मांस मछली और दूध की बिक्री सुबह सात से दोपहर बारह बजे तक ही की जा सकेगी लॉकडाउन के दौरान यातायात पुलिस द्वारा बेवजह सड़कों पर निकलने वाले वाहन चालकों की गाड़ियां जब्त करने की चेतावनी दी गई है लॉकडाउन की पूर्व संध्या पर जिला पुलिस बल द्वारा दुर्ग छावनी और भिलाई नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया यह फ्लैग मार्च शहर के सभी मुख्य मार्गो से होकर गुजरा इसमें जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ही सभी थानों के प्रभारी भी शामिल हुए इधर बिलासपुर जिले के बिल्हा और बोदरी में कल तेईस से इकतीस जुलाई तक और राजनांदगांव जिले में चौबीस से उनतीस जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी चौबीस से तीस जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है उधर कोंडागांव जिले में पच्चीस से इकतीस जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया जाएगा

सूरजपुर जिला प्रशासन ने भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में संचालित सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर को कल तेईस जुलाई से आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं वहीं बलरामपुर में जिला कलेक्टर के आदेश पर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों और दुकानों में सोशल डिस्टिंसिंग का पालन नहीं कराने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई कोरोना मरीज प्रदेश में आज शाम तक कोरोना संक्रमण के बावन नये मरीज मिले हैं इनमें रायपुर के अट्ठाईस मरीज भी शामिल हैं पंडरी स्थित जिस कपड़े के शो रूम से पिछले दिनों बारह कर्मचारी पॉजीटिव पाए गए थे वहां के तीन और कर्मचारी आज संक्रमित मिले हैं वहीं भाटागांव कोरोना संक्रमण के मामले में राजधानी का हॉटस्पॉट बन गया है आज यहां से सोलह नये मरीज मिले हैं जबकि बीते चार दिनों में सैंतीस लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है इनमें से अधिकांश मरीज उन्हीं लोगों में शामिल थे जो भाटागांव में एक महिला की मौत के बाद उसके घर गए थे गौरतलब है कि इस महिला की मौत होने के बाद उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी वहीं दुर्ग जिले में बीएसएफ के पांच जवानों और छावनी थाने के एक उप निरीक्षक सहित बाईस कोरोना संक्रमित नये मरीज मिले हैं शासकीय क्वारेंटाइन सेंटर सेक्टर तीन और चार के प्रभारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है एक ही क्षेत्र से अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है प्रभावित इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है उधर कांकेर जिले में बीएसएफ के दस जवान कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इनमें अंतागढ़ कैम्प के नौ जवान और टेमरूपानी कैम्प का एक जवान शामिल हैं वहीं बीजापुर जिले में आज कोरोना संक्रमित नौ नये मरीज मिले हैं इनमें सुरक्षा बल के सात जवान एक स्वास्थ्यकर्मी और एक पंचायतकर्मी शामिल है वहीं राजनांदगांव में आज दो नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इसके अलावा सूरजपुर शासकीय अस्पताल के एक चिकित्सक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है इसी तरह महासमुंद जिले के बागबाहरा में भी कोरोना संक्रमित एक नया मरीज मिला है उधर जगदलपुर शहर के संजय बाजार इलाके से भी आज एक युवक कोरोना पॉजीटिव मिला है इस क्षेत्र को सील कर दिया गया है प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब छह हजार के करीब पहुंच गया है इनमें से लगभग चौदह सौ मरीज राजधानी रायपुर के हैं राज्यपाल शिक्षक भर्ती पत्र राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शिक्षक भर्ती के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है राज्यपाल ने इस पत्र में लिखा है कि उनसे जनप्रतिनिधियों ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गति लाने का आग्रह किया है ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी हो सके और शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोजगार मिल सके गौरतलब है कि व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक की भर्ती में हो रही देरी के संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राजभवन सचिवालय में ज्ञापन सौंपा था

राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरिया रायगढ़ रायपुर दुर्ग बेमेतरा राजनांदगांव कांकेर सुकमा और बीजापुर के जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्वाचक नामावली से संबंधित प्रपत्र प्राप्त करने को कहा है जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी अधिकृत कर्मचारी को आयोग कार्यालय भेजकर ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं कवर्धा रोजगार मेला लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए कवर्घा में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया इस मेले में गुड़ उद्योगों के लिए तीन सौ से अधिक मजदूरों को रोजगार मिलने की संभावना है मेले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत छह हजार प्रवासी श्रमिक परिवारों को जॉब कार्ड और चार सौ सत्तर श्रमिकों को श्रम पंजीयन कार्ड का वितरण किया गया जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं वहीं दुर्ग में जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए धमधा और पाटन में लगाए जाने वाले रोजगार कैम्प को स्थगित कर दिया गया है गौरतलब है कि तेईस जुलाई को धमधा में और चौबीस जुलाई को पाटन में रोजगार शिविर का आयोजन किया जाना था लेकिन दुर्ग जिले में कल से लेकर उनतीस जुलाई तक प्रर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है माओवादी समर्पण बस्तर जिले में आज पांच लाख रूपये की इनामी एक महिला माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया दशमी नाम की यह महिला माओवादी दरभा डिवीजन में कटेकल्याण एरिया कमेटी की सदस्य और चेतना नाट्य मंडली की अध्यक्ष थी इस माओवादी पर बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में हुई बीस से अधिक माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है महिला माओवादी ने आज बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा और सीआरपीएफ के कमांडेंट अमिताभ कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण किया पुलिस के अनुसार इस महिला माओवादी ने जिले में संचालित आमचो बस्तर आमचो पुलिस कार्यक्रम और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला लिया है

मिली जानकारी के मुताबिक जौदा गांव में खेत में काम करने के बाद एक परिवार के चार सदस्य पेड़ के नीचे खाना खा रहे थे इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी जिससे दो लोगों की मौत हो गई वहीं महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक स्थित ठाकुरदियाकला गांव में भी आज आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही एक महिला की मौत हो गई वहीं कोरबा के रजगामार क्षेत्र में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से आज एक युवक की मृत्यु हो गई जंगली सुअर हमला राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक में एक जंगली सुअर के हमले में पांच लोग घायल हो गए हैं इनमें से एक महिला सहित दो लोगों की हालत गंभीर बनी हई है मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह एक जंगली सुअर ने खेत में काम कर रहे मजदूरों के अलावा हैदलकोड़ो गांव में घुसकर ग्रामीणों पर हमला कर दिया स्थानीय लोगों ने शोर शराबा कर किसी तरह इस जंगली सुअर को भगाया घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची लेकिन जंगली सुअर को पकड़ा नहीं जा सका वन विभाग ने लोगों को सुरक्षा के लिहाज से घरों पर रहने की हिदायत दी है हरेली पौधारोपण लोकपर्व हरेली पर एक ही दिन में प्रदेश में दो लाख से अधिक पौधे लगाए गए इस दिन पंद्रह सौ इक्कीस गौठानों में फलदार और लघु वनोपज के पौधों का रोपण किया गया हरेली के दिन राज्य के गौठानों में वुक्षारोपण का विशेष अभियान चलाया गया था प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि इस दिन सबसे अधिक सरगुजा वन वृत्त के तहत सड़सठ हजार से ज्यादा पौधे लगाए गए ये पौधे दो सौ छियानवे गौठानों और आवर्ती चराई क्षेत्रों में रोपित किए गए इस अभियान के तहत राज्य में छायादार पौधों के साथ इमली आंवला हर्रा बेहड़ा और चिरौंजी जैसे प्रजातियों के पौधे भी लगाए जा रहे हैं मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है वहीं इस दौरान राज्य के अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी या गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक बीकानेर पलवल बदानी बहराइच मुजफ्फरपुर और पश्चिम बंगाल से असम तक मानसून द्रोणिका सक्रिय है वहीं दक्षिण असम और उसके आसपास एक चक्रवाती घेरा बना हआ है

इस अधिकारी पर एक महिला से छेड़खानी करने का आरोप था जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद अधिकारी के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया है